काम पर लौटने लगे कर्मी राज्य के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन

भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लेकर विपक्षी दलों पर आम लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है श्री प्रसाद आज पटना के बाढ़ में एक जन सभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से कोई भी भारतीय प्रभावित नहीं होगा और न ही इससे अल्पसंख्यकों के हितों को कोई नुकसान होगा श्री प्रसाद ने कहा कि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है न कि छीनने वाला उन्होंने लोगों से किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आने की अपील की पटना नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों की हड़ताल अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हो गयी है निगम की महापौर सीता साहू नगर आयुक्त अमित कुमार पांडेय और नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त करने पर सहमति हुई श्रीमती साहू ने कहा कि सफाई कर्मियों के जो मुद्दे हैं उसका स्थायी समाधान निकाला जायेगा बाईट इधर राज्य के कुछ अन्य नगर निकायों में भी पिछले दिनों से चली आ रही हड़ताल समाप्त हो गयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि मुंगेर और कटिहार में सफाई कर्मी काम पर लौटने लगे हैं गौरतलब है कि आउटसोर्सिंग के विरोध में पटना नगर निगम सहित अन्य नगर निकायों के सफाई कर्मी हड़ताल पर थे हड़ताल के कारण शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी थी गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र अन्तर्गत दोमुहान के पास अपराधियों ने एक एटीएम काटकर पच्चीस लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने सीसीटीवी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है मौके पर एफएसएल की टीम ने पहुंच कर जांच की कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन की तिथि पन्द्रह फरवरी तक बढ़ा दी गई है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी किसान इक्यासी प्रकार के कृषि यंत्रों की अनुदानित दर पर खरीद के लिए विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं बक्सर जिले के काजीपूर पंचायत के मुखिया अख्तर अली को वित्तीय अनियमितता के आरोप में पद से हटा दिया गया है पद से हटाये गये मुखिया पर चौदहवें वित्त आयोग की योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी का आरोप है पश्चिम चम्पारण जिले के मदनपुर पंचायत में सात निश्चय योजना में गबन के आरोप में इकतीस आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी है जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है उसमें पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य पंचायत सचिव और उनके पुत्र सहित कई अन्य शामिल हैं योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को जांच का निर्देश दिया था जांच रिपोर्ट में योजना में भारी अनियमितता की बात सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गयी प्रदेश के सभी न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया इसमें दीवानी और कई प्रकार के फौजदारी मामलों के साथ साथ बैंक ऋण बिजली बीमा नगर निगम श्रम विभाग और बीएसएनएल से जुड़े मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन हुआ इधर पटना हाई कोर्ट में वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य के बहिष्कार के कारण लोक अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया है कि लोक अदालत में तीन हजार छह सौ बानवे मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन एक सौ अड़सठ मामलों का ही निपटारा हो सका वहीं शेखप्रा में ढ़ाई सौ से अधिक मामलों का निपटारा हुआ बांका में एक हजार दो सौ उनासी मामलों का निष्पादन किया गया गया में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध मरीज मिला है अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक विजय कृष्ण ने बताया कि उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है मरीज के रक्त थ्रक और लार के नमूने को पुणे स्थित वायरोलॉजी लैब भेजा गया है संदिग्ध मरीज दस जनवरी को चीन से लौटा है वहीं चीन से लौटे नवादा के सिरदला प्रखंड निवासी मोहम्मद मसीहउद्दीन में भी संदिग्ध संक्रमण मिलने के बाद उसे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुम्बई में आयोजित तेईसवें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में लोक सेवाओं में उत्कृष्ट और नवाचारी योगदान के लिए सहरसा जिले को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया जिलाधिकारी डॉक्टर शैलजा शर्मा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया वहीं सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को भी ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया केन्द्र सरकार का यह पुरस्कार जन केन्द्रित ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए दिया जाता है इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी की कच्चे तेल की शोधन क्षमता को प्रति वर्ष छह मिलियन मिट्रीक टन से बढ़ा कर नौ मिलियन मिट्रीक टन करने की परियोजना के लिए तेरह हजार सात सौ उनासी करोड़ रूपये की राशि मंजूर की गयी है बरौनी रिफाइनरी की कार्पोरेट कम्यूनिकेशन की प्रबंधक अंकिता श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले दिनों इंडियन ऑयल बोर्ड ने इसका अनुमोदन कर दिया है

आज सबौर छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव चार गया का नौ दशमलव आठ भागलपुर का दस दशमलव छह और पूर्णियां का आठ दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के नेहरूनगर मोहल्ला से पुलिस ने शराब के नशे में शास्त्रीनगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक लालू यादव और एक सिपाही पवन कुमार सिंह के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वहीं दरभंगा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से प्रलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया इधर मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र अन्तर्गत रामदयालू से पूलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त कर चालक और उपचालक को गिरफ्तार किया है भागलपूर में चल रहे अंतर विश्वविद्यालय खेल कृद प्रतियोगिता एकलव्य में कबड्डी प्रतियोगिता के बालिका वर्ग का खिताब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एलएनएमयू दरभंगा ने जीत लिया है तिलका मांझी विश्वविद्यालय टीएमबीयू की टीम उप विजेता रही जबकि मुंगेर विश्वविद्यालय की टीम तीसरे स्थान पर रही वहीं कबड्डी के पुरूष वर्ग के फाइनल में एलएनएमयू और टीएमबीयू के बीच मुकाबला होगा दूसरी तरफ फुटबॉल के सेमीफाइनल मैच में टीएमबीयू ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की टीम को चार एक से पराजित कर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है मुजफ्फरपुर के भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय के सभागार में आज से बिहार इतिहास परिषद का दो दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ इसमें सात सौ से अधिक व्याख्याता और शोधार्थी भाग ले रहे हैं अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय के डॉक्टर युवराज देव प्रसाद को परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का छह सौ तैंतालीसवां जयंती समारोह पटना स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित किया गया समारोह को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव समेत कई पार्टी नेताओं ने संबोधित किया शेखप्रा की जिलाधिकारी इनायत खान ने समय पर कार्यालय नहीं आने के आरोप में समाहरणालय के पचास से अधिक कर्मियों का वेतन काटने का आदेश दिया है पश्चिम चम्पारण जिले के नदी थाना चेक पोस्ट पुलिस ने गुटखा लदे दो ट्रक को जब्त किया है

काम पर लौटने लगे कर्मी राज्य के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन